प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए कम लागत वाली नई टैक्नोलॉजी के अविष्कार का आह्वान किया है

जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए नेशनल रिसर्च लैबोरेट्रीज एंड साइंटिफिक आर्गेनाइजेशन को सुलभ सुगम और सस्ते समाधान तैयार करने होंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोडा था

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अटल नवसृजन मिशन की शुरूआत की ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लावारिस गायों और आवारा पशुओं को दस जनवरी तक गौ संरक्षण गृहों में भेज दिया जाये

मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण गृहों में पश्ञओं के चारे के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये साथ ही जहां चाहरदीवारी नहीं है वहां फेंसिंग करने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों और आम लोगों को लावारिस गौवंश और आवारा पशुओं से राहत मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित और आवारा पशु जहां नगरीय क्षेत्रों में मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये फसलों को नुकसान पहुॅचाते हैं जिससे किसान परेशान होता है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी अक्सर उत्पन्न हो जाती है

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह रेलगाड़ी कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर रूकेगी बाइट इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं वाई फाई अनेवल किया गया है सीसी टीवी कैमराज रखे गये और इसमें कोई लोकोमोटिव या इंजन नहीं है और यह लगभग एक सौ साठ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक उस रफ्तार से चलते हुए बनारस का साढ़े सात सौ किलोमीटर का लगभग जो सफर है इसको पार करेगी

सूत्रों के अनुसार अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनीता भटनागर जैन को खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा विभाग में तैनात किया गया है वहीं अपर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी सुश्री अनीता जैन का स्थान लेंगे प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास अनुराग श्रीवास्तव को पंचायत राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशांत त्रिवेदी को आयुष विभाग का अतिरिक्त पभार दिया गया है सुश्री सी इन्दुमती को महिला कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है विशेष सचिव शहरी विकास महेन्द्र कुमार पंचायती राज विभाग के सचिव होंगे इसके अलावा निदेशक महिला कल्याण सुश्री वन्दना वर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों की संख्या छह करोड़ पार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लाभान्वितों को बधाइ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाने का दायित्व निभाती रहेगी और गरोबों के कल्याण का माध्यम बनेगी उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में जाकर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को कुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुम्भ विश्व के आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम का अनुठा सगम है बुलंदशहर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी योगेश राज को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

जिले में तीन दिसंबर को भडकी हिंसा में भीड़ ने गौ हत्या की शिकायतों पर कार्रवाइ में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया था इस हमले में एक पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज की गिरफ्तारी जिले के स्याना के इन्द्रावटी में हुई हिसंक घटना के एक महीने बाद हुई है

करीब एक महीने से फरार चल रहे आरोपी योगेश राज पर पुलिस की नजर थी पिछले महीने वायरल हुए एक विडियो में योगेश ने कहा था कि वह निर्दोष है और उसे बेवजह फंसाया जा रहा है मामले के कई आरोपो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं

ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हॉट बाजार के निर्माण के लिए मनरेगा के अन्तर्गत कार्य शुरू हो गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने किया कार्यशाला में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारे देश में बेटे एवं बेटियों में असमानता एक चिन्तनीय विषय है जिसके कारगर उपाय के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान जैसी योजनाओं की श्रूआत की गई है उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी कार्यशाला में अन्य वक्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के लिए महिलाओं को शिक्षित एवं जागरूक करना होगा तभी समस्या का समाधान कारगर दिशा में संभव हो सकेगा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन कर इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दी है विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे इससे योजनाएं सुचारू ढंग से लागू करने के लिए निर्णय लेने में आसानी होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रमाकांत आचरेकर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि रमाकांत आचरेकर गुरू परंपरा के प्रकाश स्तम्भ थे उन्होंने वर्षों तक क्रिकेट जगत की प्रतिभाओं को तराशा